कोयला और डीजल की कीमतों में बढ़ोत्तरी की वजह से छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी ने बिजली के वेरियबल कास्ट एडजस्टमेंट वीसीए चार्ज में आंशिक वृद्धि का ऐलान किया है हालांकि महीने में सौ यूनिट तक बिजली की खपत करने वाले उपभोक्ताओं पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा पावर कंपनी के चेयरमैन शैलेन्द्र शुक्ला ने बताया कि कोयले और डीजल की घटती बढ़ती कीमतों के आधार पर बिजली की प्रचलित दर में वीसीए चार्ज को घटाने बढ़ाने का प्रावधान है नए शुल्क के अनुसार सौ से दो सौ यूनिट के बीच बिजली खपत करने वालों को दो पैसा प्रति यूनिट और इससे अधिक बिजली खपत करने पर प्रति यूनिट तीन पैसा अतिरिक्त वीसीए चार्ज देना होगा बढ़ा हुआ शुल्क नवंबर दिसंबर के विद्युत देयकों में लागू होगा वहीं जो उपभोक्ता महीने में सौ यूनिट तक की बिजली खपत कर रहे हैं उन्हें पूर्व के अनुसार ही सत्रह पैसा प्रति यूनिट की दर से वीसीए चार्ज देना होगा

विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने बताया है कि चुनाव के लिए एक दिसंबर को दोपहर बारह बजे तक नाम दिए जा सकेंगे इसके बाद सोमवार को निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी विस रेत उत्खनन प्रदेश में रेत के कथित अवैध उत्खनन का मामला आज राज्य विधानसभा में जोर शोर से गूंजा ध्यानाकर्षण सूचना के जरिये जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के विधायक धर्मजीत सिंह और भाजपा के नारायण चंदेल ने यह मामला उठाते हुए आरोप लगाया कि प्रदेश में रेत माफिया रेत का खुलेआम अवैध रूप से परिवहन कर रहा है उन्होंने कहा कि करोड़ों रूपये की रेत अवैध रूप से बेची जा चुकी है जिसकी रॉयल्टी भी शासन को नहीं मिली है जवाब में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इन आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि राज्यभर में दो सौ सैंतालीस रेत खदानों के लिए निविदा जारी की जा चुकी है पैंसठ खदानों में काम भी शुरू हो गया है वहीं एक सौ पच्चीस रेत खदानों में जल्द ही उत्खनन शुरू हो जाएगा उन्होंने कहा कि विधिवत् रॉयल्टी प्राप्त कर ही रेत का परिवहन किया जा रहा है मुख्यमंत्री ने बताया कि रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन पर अंकृश लगाने के लिए अधिकांश जिलों में पुलिस खनिज और राजस्व विभाग के संयुक्त जांच दल गठित किए गए हैं उन्होंने कहा कि रेत खनन के पुराने नियम से पंचायतों को सालभर में करीब तेरह करोड़ रूपये की ही रॉयल्टी प्राप्त होती थी जबकि नए नियम से शासन को ढाई सौ करोड़ रूपये का राजस्व प्राप्त होने की संभावना है उन्होंने बताया कि रेत घाटों पर सूचना पटल लगाकर रेत की दरों को प्रदर्शित किया गया है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के दिशा निर्देशों का भी पूरा पालन किया जा रहा है मुख्यमंत्री ने बताया कि अगले कुछ महीनों में पर्यावरण क्लीयरेंस प्राप्त होने के बाद प्रदेशभर में तीन सौ से अधिक रेत खदानें शुरू हो जाएंगी जिससे रेत के मूल्यों में कमी आएगी विपक्षी भाजपा सदस्य मुख्यमंत्री के इस जवाब से संतुष्ट नहीं हुए और रेत उत्खनन में माफिया के कब्जा कर लेने का आरोप लगाते हुए सदन से बहिर्गमन कर दिया

यह घोषणा उन्होंने आज राज्य विधानसभा में बिलासपुर में हवाई सेवा शुरू करने के जनता कांग्रेस छतीसगढ़ के विधायक धर्मजीत सिंह के अशासकीय संकल्प पर बोलते हुए की इन स्थानों पर हवाई सेवा शुरू करने के लिए केंद्र से अनुरोध करने का प्रस्ताव भी आज सदन में पारित किया गया मुख्यमंत्री प्याज कीमत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केन्द्र सरकार से आग्रह किया है कि प्याज की बढ़ती कीमतों पर रोक लगाने के लिए नाफेड के माध्यम से छत्तीसगढ़ के सभी प्रमुख नगरों में रिटेल काउण्टर खोला जाए और लोगों को रियायती दर पर प्याज दी जाए मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर देश में प्याज की बढ़ती कीमतों पर रोक लगाने के लिए कुछ सुझाव दिए हैं साथ ही मुख्यमंत्री ने इन वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए छत्तीसगढ़ में किए जा रहे उपायों की जानकारी भी दी माओवादी गिरफ्तार दंतेवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों ने एक महिला सहित तीन माओवादियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है इनमें तीन लाख रूपये का इनामी डिप्टी कमांडर भी शामिल है मिली जानकारी के मुताबिक अरनपुर थाना क्षेत्र के मिच्चीपारा के पास नहाड़ी ककाड़ी के जंगलों में माओवादियों के एकत्र होने की सूचना मिली थी इसके बाद डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी जिला पुलिस बल और दंतेश्वरी फाइटर्स की महिला कमांडो ने इलाके की घेराबंदी की जहां से तीन माओवादियों को गिरफ्तार किया गया इन माओवादियों पर कुल छह लाख रूपये का इनाम घोषित था इन पर हत्या लूट और आगजनी जैसी कई अन्य माओवादी वारदातों में शामिल रहने का आरोप है

यह खुलासा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की आज पेश की गई ऑडिट रिपोर्ट में हुआ इस रिपोर्ट को आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में सदन के पटल पर रखा बाद में एक पत्रकारवार्ता में छत्तीसगढ़ के महालेखा परीक्षक डीआर पाटिल ने बताया कि वर्ष दो हजार सत्रह अट्ठारह के दौरान राज्य सरकार द्वारा करीब अठासी हजार छह सौ करोड़ रूपये का बजट प्रावधान किया गया था इसमें से लगभग उन्नीस हजार करोड़ रूपये राज्य सरकार खर्च ही नहीं कर पाई महालेखा परीक्षक ने कहा कि यह बात खराब वित्तीय प्रबंधन को दर्शाती है महालेखा परीक्षक ने बताया कि इसमें से करीब पांच हजार करोड़ रूपये की राशि लैप्स हो गई उन्होंने कहा कि यदि सरकार का वित्तीय प्रबंधन अच्छा होता तो इस राशि का उपयोग अन्य विकास कार्यों में हो सकता था श्री पाटिल ने एक सवाल के जवाब में कहा कि एक ओर राज्य सरकार सदन से पारित बजट की करीब बीस प्रतिशत राशि को खर्च नहीं कर पाती है वहीं अनुपूरक बजट के जरिये अनावश्यक रूप से अतिरिक्त राशि का प्रावधान कर दिया जाता है महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ कि राज्य सरकार के तेरह सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने बीते कुछ वर्षो से अपना लेखा जोखा प्रस्तुत नहीं किया है इसके बावजूद वित्त विभाग द्वारा इनमें से दस उपक्रमों को लगभग साढ़े नौ हजार करोड़ रूपये की बजट राशि प्रदान कर दी गई है भाजपा बैठक भारतीय जनता पार्टी नगरीय निकाय चुनाव के लिए चार दिसंबर तक प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया पूरी यह जानकारी पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने दी है वे आज रायपुर में आयोजित भाजपा की संभागीय चयन समिति की बैठक में शामिल हुए पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रभारी अनिल जैन की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में नगरीय निकाय समितियों के सदस्य उपस्थित थे बैठक के बाद पूर्व मुख्यमंत्री ने बताया कि नगरीय निकाय चुनाव के लिए उम्मीदवारों का नाम तय करने अलग अलग स्तर पर समितियां गठित की गई हैं उन्होंने बताया कि चयन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद चार दिसंबर तक उम्मीदवारों का नाम तय कर लिया जाएगा निर्वाचन आयुक्त बैठक राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर रामसिंह ने आज बस्तर संभाग के सभी जिलों के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों की बैठक लेकर नगरीय निकाय निर्वाचन की तैयारियों की समीक्षा की उन्होंने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को जिले में नगरीय निकाय सीमा क्षेत्र में आदर्श चुनाव आचरण संहिता का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए बैठक में बस्तर संभाग के पुलिस महानिरीक्षक पी सुंदरराज सहित संभाग के सभी कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक मौजूद थे राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि मतपत्रों की छपाई स्थानीय स्तर पर की जानी है इनकी गोपनीयता भंग ना हो इसका ध्यान रखा जाए आयुक्त ने कहा कि मतदान दलों के गठन के दौरान विशेष सावधानी बरती जाए साथ ही मतदान दलों को उनके मतदान केन्द्र की जानकारी अंतिम समय में दी जाए

इस अवसर पर दुर्ग में स्थित बीएसएफ के क्षेत्रीय मुख्यालय में स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया गया इस मौके पर बड़ी संख्या में बीएसएफ के अधिकारी और जवान उपस्थित थे बाद में पत्रकारों से बात करते हुए बीएसएफ के महानिरीक्षक जी बी सांगवान ने कहा कि बीएसएफ न सिर्फ राज्य को माओवाद से मुक्त कराने के लिए प्रतिबद्वता के साथ कार्य कर रही है बल्कि इसके द्वारा प्रदेश के बेरोजगारों को स्व रोजगार स्थापित करने का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई है उन्होंने बताया कि बीएसएफ दूरदराज के इलाकों में स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब बच्चों को पढ़ाई के लिए जरूरी वस्तुएं भी मुहैया कराती है नारायणपुर यूनिसेफ यूनिसेफ के छत्तीसगढ़ प्रमुख जॉब जकारिया ने हाल ही में नारायणपुर जिले के अंदरूनी इलाकों का दौरा कर वहां शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों का जायजा लिया इस दौरान उनके साथ जिला कलेक्टर पीएस एल्मा और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे यूनिसेफ के छत्तीसगढ़ प्रमुख ने नारायणपुर जिले में स्वास्थ्य और पोषण का स्तर बेहतर बनाने के लिए कार्ययोजना बनाकर कार्य करने पर जोर दिया